विधि और न्याय मंत्रालय ने कल इस आशय की गजट अधिसूचना जारी कर दी है संसद ने हाल ही में सम्पन्न हए संसदीय सत्र में इस विधेयक को पारित कर दिया था विधेयक में जम्म और कश्मीर को एक केन्द्रशासित प्रदेश बनाये जाने का प्रावधान है जिसकी अपनी विधानसभा भी होगी इसमें लद्दाख को बिना किसी विधानसभा के केन्द्रशासित प्रदेश बनाने का प्रावधान है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया कल से शुरू कर दी है योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था पेंशन देने का प्रावधान है

उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया में और तेजी आने की उम्मीद है

प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति ने कल धर्मशाला में कैग रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न विभागों के ऑडिट पैरा पर चर्चा व समाधान को लेकर एक बैठक की समिति की सभापति आशा कुमारी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सरकारी विभागें में वित्तीय पारदर्शिता व जवाबदेही पर बल देते हए सभी विभागों को सरकारी धन का सही ढंग से उपयोग करने के निर्देश दिए भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कार्यकर्त्ताओं से पार्टी को आदर्श संगठन बनाने का आहवान किया है हमीरपुर में कल एक बैठक में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरूआत की वर्षगांठ पर सभी पदाधिकारियों से संगठन को सुदृढ़ करने का संकल्प दिलाया

इससे कई स्थानों पर जगह जगह भूस्खलन होने से सड़क मार्ग अवरूद्द हो गए है और नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है शिमला किन्नौर और सिरमौर जिलों में तीन बांधों में जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है राज्य के कुछ इलाकों में आज भी वर्षा का कम रूक रूक कर जारी है मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला का शीर्षक है कुल्लू में फिर बादल फटा दो पुल ध्वस्त सेब बगीचे तबाह किन्नौर सोलन में दो बहे

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है बारिश के ब्रेक फेल मचाई तबाही पूह में बादल फटने से सतलुज नदी में बढ़ी सिल्ट दैनिक भास्कर लिखता है मूसलाधार बारिश से चंडीगढ़ मनाली एनएच कई घंटे बंद बिजली उत्पादन ठप्प प्रशासन की एडवाइजरी हिमाचल में इन दिनों सफर जोखिम भरा सतर्क रहें नदी नालों के पास न जाएं

अखबार की एक अन्य खबर है धवाला इंदु के बाद अब सरवीण नाराज

आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है संजौली कॉलेज में शुरू होंगी अंग्रेजी व हिंदी की स्नात्तोकतर कक्षाएं दिव्य हिमाचल ने लिखा है शिमला से नहीं बदलेगा आरट्रैक रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने धूमल के खत के जवाब में किया साफ दैनिक सवेरा टाईम्स के शब्द हैं शिमला से स्थानांतरित नहीं होगी आरट्रैक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को लिखा पत्र हिमाचल दस्तक की एक खबर है नए सिरे से तय होंगी पंचायतों की सीमाएं जयराम कैबिनेट ने ग्राम पंचायत परिसीमन को दी मंजूरी

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल प्रदेश सरकार ने देर शाम बदले कई अफसर अतिरिक्त दायित्व भी सौंपे